मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्षित आयु वर्ग के लोगों से अभियान में भागीदारी का किया आह्वान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल राजभवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन कर के प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की की गयी समीक्षा प्रदेश सरकार ने कक्षा एक से बारहवीं तक के समी सरकारी और निजी स्कूलों को तीस अप्रैल तक बंद रखने के दिये निर्देश प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले पिछले चौबीस घटों में कोविड के पन्द्रह हजार तीन सौ तिरपन नये मामले आये सक्रिय मामलों की संख्या इकहत्तर हजार से अधिक कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें चार दिन का टीका उत्सव कल से देश भर में शुरू हो गया है इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाना है समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर कल से शुरू हुआ टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉ भीमराव आम्बेडकर की जयंती चौदह अप्रैल को सम्पन्न होगा गत बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव का आह्वान किया था फ्र्यानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में चार दिन के विशेष टीकाकरण अमियान का श्मारम करते हए सभी देशवासियों से व्यक्तिगत और सामाजिक साफ सफाई रखने की जरूरत पर जोर दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि टीका उत्सव कोरोना महामारी के खिलाफ दूसरे बडे युद्ध की शुरूआत है उन्होंने आग्रह किया कि कोविड टीको की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और जिनकी पात्रता है वे टीका अवश्य लगवाए प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी है कि हम खास जरूरत के बिना घर से बाहर न जाए प्रधानमंत्री ने परिवार में सभी को टीका लगवाने की जिम्मेदारी घर की महिलाओं से संभालने की अपील की प्रदेश के सभी पचहत्तर जिलों में छः हजार केन्द्रों पर कल से चार दिवसीय टीका उत्सव श्रू हो गया है बडी संख्या में लोग इस अभियान में भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विभिन्न केन्द्रों में जाकर टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया उन्होंने लोगों से टीका लगवाने की अपील की कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण मूमिका है सभी प्रदेश वासियों से मेरी अपील है टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ण के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण करवाएं टीकाकरण के बाद भी साक्षानी जरूरी है इसलिए सनी से अपील है कि वे सोशल विस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी साक्षानी के साथ दो गज की दूरी गास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें प्रदेश के छ हजार टीकाकरण केन्द्रों पर पैतालीस वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लगभग पच्चीस लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है

उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोरोना के खिताफ देश की तज़ाई को सख्ती से आगे बढ़ाने और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित करने के अभियान का हिस्सा है

उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी सुरक्षा के उपाय अपनाना बेहद जरूरी है सभी को कोरोना से बचने के लिए छ गज की दूरी मास्क है जरूरीश के मंत्र को अपनाने की आवश्कर्यता है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने समी लोगों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान पर ग्यारह अप्रैल से चौदह अप्रैल तक आयोजित किए जा रहे टीका उत्सव में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें श्री जावडेकर ने लोगों से कोविड के खिलाफ देश की मुहिम का एक हिस्सा बनकर अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल राजभवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मृख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उप मृख्यमंत्री दिनेश शर्मा मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विपक्षी दलों के नेताओं की उपस्थिति में हई इस बैठक में प्रदेश में कोविड नाइन्टीन की स्थिति की समीक्षा की गयी विपक्ष के नेताओं ने कोविड पर नियंत्रण के लिए सरकार को सहयोग का आश्वासन देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही एकजुट प्रयासों से इस महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त होगी बैठक के बाद बहुजन समाज पार्टी के सदस्य लालजी वर्मा ने कहा कि उन्होंने सरकार को कोरोना का प्रसार रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी कांग्रेस के विधायक सुहेल अख्तर अंसारी ने कहा कि उन्होंने सर्वदलीय बैठक में सरकार को सुझाव दिया कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को पृथकवास में रखने का प्रबंध किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रहस्पतिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रदेश स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक कर संवाद आयोजित करने का सुझाव दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा बारह तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थाओं को तीस अप्रैल तक बंद करने के निर्देश दिए हैं हालांकि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों पर आयोजित की जाएंगी मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हए कहा कि आने वाले दिन चनौतीपूर्ण होंगे और हम सबको मिलकर इसका सफलतापूर्वक सामना करना है उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जिस तरह पिछले वर्ष समी जिलों ने कोविड प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया था ठीक उसी तरह इस बार भी हम सब एकजुट होकर इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है पिछले चौबीस घंटे के दौरान राज्य में कोविड नाइन्टीन के पन्द्रह हजार तीन सौ तिरपन नए मामले सामने आए हैं इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर इकहत्तर हजार दो सौ इकतालीस हो गयी है अब तक छ लाख ग्यारह हजार छ सौ बाइस लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य भी तेज गति से जारी है शनिवार को दो लाख तीन हजार सात सौ अस्सी कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल तीन करोड़ सड़सठ लाख इकसठ हजार उनहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है इस बीच प्रदेश में टीकाकरण का काम भी तेजी से चल रहा है अब तक कूल पचासी लाख पंद्रह हजार दो सौ छियानबे लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इनमें से बहत्तर लाख बहत्तर हजार सात सौ चौंतीस लोगों को टीके की पहली खुराक और बारह लाख बयालीस हजार पांच सौ बासठ लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही कोविड संक्रमित हो गए हैं एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है उन्होने संपर्क में आए लोगों से कोविड जांच कराने का आग्रह किया है प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से सांसद डॉक्टर संजीव बालियान की जांच रिपोर्ट में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है उन्होंने संपर्क में आए लोगों से कोविड जांच कराने का अनुरोध किया है

इसके तहत रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी हालांकि आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा

इसके तहत रात नौ बजे से सुबह छः बजे तक विमिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबूद्वनगर जिले के बहलोलपुर गांव में आग लगने से हुई दुर्घटना में दो बच्चों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को चार चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुर्घटना से प्रभावित लोगों को हरसंमव सहायता उपलब्ध करायी जाए